सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री को बताया गया कि सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर प्री सक्रियता से निगरानी रख रही है प्रधानमंत्री को बताया गया कि रेमडिसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन पिछले कुछ सप्ताहों में बढा दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहत ही सक्षम और सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की सम्चित उपलब्धता स्निश्चित होगी प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति का भी जायजा लिया इस पर गौर किया गया कि कोविड महामारी की पहली लहर के चरम के दौरान आपूर्ति की त्लना में इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति तीन ग्ना से भी अधिक है प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन रेल गाड़ियों और भारतीय वाय्सेना के विमानों से इसकी परिवहन स्थिति की भी जानकारी दी गई श्री मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और देश में स्थापित किए जा रहे पी एस ए संयंत्रों के बारे में भी बताया गया

मृतक व्यक्ति लोहित जिले के लोहितपुर स्थित आई टी बी पी के नौवीं बटालियन का जवान था इस बीच राज्य में कोरोना के दो सौ उन्यासी नए मामले दर्ज किए गए और एक सौ आठ रोगी स्वस्थ हए राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार चौरानबे हो गई है

राज्य मिशन निदेशक एन एच एम सी आर खाम्पा ने बताया है कि हमारी टीम को ब्धवार शाम असम के लखीमप्र जिले के लिलाबारी हवाई अड़डे पर यह खेप मिली इसके साथ ही अगले चार पांच दिनों के भीतर ही अद्वारह से चौवालीस साल के उम्र के लोगों का टीकाकरण श्रू किया जाएगा राज्य सरकार ने पहले ही चार लाख कोवीशील्ड वैक्सीन के लिए सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूणे को ऑर्डर भेजा था

शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए छात्र वृत्ति के भ्गतान और प्स्तक अन्दान के लिए दो हजार छह सौ पच्चासी दशमलव तीन चार लाख रुपये जारी करने के लिए दी गई मंजूरी के बाद छात्रवृत्ति देने का आदेश जारी किया म्ख्यमंत्री ने विभाग को ट्राईबल मिनिस्ट्री की पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जारी करने का भी निर्देश दिया

श्री पोतम ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को सभी को एक जूट होकर लड़ना होगा उन्होंने जोर देकर कहा है कि सहान्भ्ती समय की आवश्यकता है और हमे ऐसे समय में एक दूसरे के प्रति सहान्भ्ती रखने की जरुरत है जिला उपाय्क्त ने यह भी बताया कि कोविड केयर सेंटर लेखी में बारह सौ रोगियों को समायोजित किया जा सकता है होम आईसोलेशन पर उन्होंने जानकारी देते हए कहा कि जिनके घरों में आईसोलेशन के लिए अलग से कमरे या बाथरुम की स्विधा नहीं है वे कोविड केयर सेंटर लेखी में पेड फेसिलटी का लाभ उठा सकते है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में अद्वारह लाख चौरानबे हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए इस बीच कल तीन लाख बासठ हजार सात सौ सत्ताईस नये रोगियों की प्ष्टि हई है अब तक दो करोड़ सैतीस लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो च्के हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है की पिछले चौबीस घंटों में चार हजार एक सौ बीस लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है इन्हें मिलाकर कोविड से मरने वालों की संख्या दो लाख अद्वावन हजार हो गई है

इस खरीद पर तीन सौ बाईस करोड रुपए से अधिक की लागत आएगी